एसीबी के महानिदेशक डॉ आलोक त्रिपाठी ने परिवहन विभाग में फैले इस व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए बताया कि प्राईवेट दलालों के जरिये वाहनों की सुची बनाकर उनकी मासिक बंधी लम्बे समय से परिवहन विभाग के अधिकारियों को पहुंचाई जा रही थी

फिलहाल ब्यूरो का सर्च अभियान जारी है

जिला कलेक्टर ने बताया कि ये दल धौरीमन्ना और सेडवा तहसील क्षेत्रों के विभिन्न गांवों का दौरा कर हालात की समीक्षा करेगा दल के सदस्य प्रभावित किसानों से भी बातचीत करेंगे वहीं जनप्रतिनिधियों से भी वार्ता करने का कार्यक्रम है

उन्होंने कहा कि बाघों का गायब होना और वन्य जीवों का शिकार किया जाना सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाता है उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की उदासीनता के कारण शिकारी जंगलों में बिना किसी डर के घूम रहे है इन पर रोक लगाया जाना बहुत जरूरी है

ये दल थाईलैण्ड से म्यांमार होते हुए बाडमेर आया है